नमस्कार प्रदेश के समाचारों के साथ मैं छाया श्रक्ला

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट संदेश में यूपीआई की इस उपलब्धि की सराहना की है यूपीआई का लक्ष्य डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने का है ताकि देश में कैशलेस अर्थव्यवस्था को बल मिले विमुद्रीकरण के बाद के दो वर्षों में यूपीआई के माध्यम से डिजिटल लेन देन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है

इनमें चौरासी करोड़ रूपये की लागत से रोजनल मेडिकल रिसर्च सेन्टर तथा बीस करोड़ रूपये की लागत से निर्मित होने वाली दिव्यागों के लिए समेकित क्षेत्रीय केन्द्र सी आरसी और हास्टल का निर्माण शामिल है इसके साथ ही मख्यमंत्री ने आई बैंक का लोकार्पण तथा स्वर्गीय कुॅवर बहादुर कौशिक द्वारा लिखित पुस्तक हेमू विक्रमादित्य का विमोचन भी किया इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वाचल पिछले चालीस वर्षो से इन्सेफ्लाइटिस जैसी बीमारी से प्रभावित रहा है इस बीमारी के नियत्रण पाने के उद्देश्य से रीजनल मेडिकल रिसर्च सेन्टर का शिलान्यास किया गया है मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्सेफ्लाइटिस बीमारी से पीड़ित बच्चों की मृत्यु दर बीस से पच्चीस प्रतिशत है जो बच्चे बचते उसमें अधिकांश बच्चे दिव्यांगता के शिकार हो जाते है इस स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए समेकित क्षेत्रीय केन्द्र दिव्यांगजन सीआरसी की स्थापना की जा रहो है

श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में दो सौ पचास करोड़ रूपये की लागत से आठ स्पर स्पेशियलिटी अस्पताल बनकर तैयार हो गये हैं जिन्हे अगले माह लोकार्पित किया जायेगा इसके अलावा गोरखपुर में एम्स स्थापना का कार्य प्रगति पर है इसके पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीतापुर में नेत्र चिकित्सालय में अस्थायी रूप से निर्मित समेकित क्षेत्रीय केन्द्र दिव्यांगजन का लाकार्पण किया तथा वहाँ की व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया इस अवसर पर केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि बीआरडी मेडिकल कालेज में स्थापित होने वाला रीजनल मेडिकल रिसर्च सेन्टर अत्याधुनिक उपकरणों और सुविधाओं से लेस होगा इस सेन्टर के बनने से यहाँ इन्सेफ्लाइटिस और दूसरी विषाणु जनित बीमारियों की पहचान व उनके खतरे की जानकारी समय से हो जायेगी

श्री योगी ने आज गोरखपुर में औद्योगिक विकास प्राधिकरण और निर्माण एजेन्सी के अधिकारियों के साथ बैठक में यह निदंश दिये मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ से गाजीपुर तक बनने वाली छः लेन की पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से गोरखपुर लिंक रोड जुड़ने से यहाँ के लोगों के लिए दूसरे जिलों की यात्रा आसान हो जायेगी बैठक में मुख्यमंत्री ने बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे को लेकर चल रही तैयारियों की समीक्षा भी की

केन्द्रीय मंत्री ने ग्रामीणों को सम्बोधित करते हुए कहा कि मिर्जाप्र में पर्यटन की असीम सम्भावनायें हैं उन्होंने कहा कि जिले को विकसित करने के लिए कइ योजनाओं पर कार्य चल रहा है केन्द्रीय मंत्री ने कहा ग्रामीण युवकों को रोजगार से जोड़ने के लिए जिले में रोजगार मेले का आयोजन शीघ कराया जायेगा इसके पूर्व श्रीमती पटेल ने अपने कैम्प कार्यालय में जनता की समस्याओं के शीघ्र निराकरण के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये

इस दिशा में हुई प्रगति खुले में शौच में आई कमी से भी बेहतर रही है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

राज्य में गंगा यमुना रामगंगा शारदा घाघरा सहित प्रमुख नदियाँ उफान पर हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट बुन्देलखण्ड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में लगातार हो रही तेज बारिश के चलते बांढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गये हैं माताटीला बांध से पाँच लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद हमीरपुर जिले में अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा गया है वेहीं गंगा पर बने नरौरा बैराज से पॉनी छोड़े जाने से सम्भल और कन्नौज जिले के कई गाँवों में बाढ़ आ गयी है केन्द्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गंगा रामगंगा शारदा घाघरा और कुआनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं मऊ में घाघरा नदी का जल स्तर गौरी शंकर घाट पर खतरे के निशान से चौवालिस सेन्टीमीटर से ऊपर पहुंच गया है नदी में हो रही कटान के चलते तटवर्ती इलाके जलमग्न हो गये है प्रशासन द्वारा बाढ़ चौंकी पर तैनात कर्मचारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिये गये हैं सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में शारदा का जल स्तर बढ़ने से दोनों जिलों में पचास से अधिक गाँव की लगभग एक लाख से अधिक आबादो प्रभावित हुई है और लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे है नदी के तेज बहाव के चलते पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में खेती योग्य कई हेक्टेयर भूमि पानी में डूब गयी है उधर कल रात से राजधानी लखनऊ सहित विभिन्न स्थानों पर लगातार हो रही तेज बारिश के चलते जगह जगह जल भराव होने से यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है

राहत आयुक्त संजय कुमार ने बताया कि आकाशीय बिजली गिरने और बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में दस लोगों की मृत्यु हो गयी इनमें झांसी में चार इटावा में दो तथा फिरोजाबाद रायबरेली औरैया और शामली में एक एक व्यक्ति की मौत होने की खबर है

श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में इस अवसर पर विशेष आयोजन किये गये हैं देश विदेश से लाखों की संख्या म भक्तगण श्री कृष्ण के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए मथुरा पहुंच चुके हैं यहाँ भक्तों की भारी भीड़ और बारिश के बावजूद लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है हमारे मथुरा प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट सम्पूर्ण बज मंडल में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की धूम मची हुई है यहाँ जन्ममूमि पर सुबह मंगला आरती हुई और लाखो श्रद्दालुओ ने मगवान श्रीकृष्ण के दर्शन कर पुण्य लाय कमाया

लखनऊ इलाहाबाद कानपुर वाराणसो बरेली सहित विभिन्न जनपदों में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है इस अवसर पर मन्दिरों में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं पर आधारित मनमोहक झाकियां सजायी गयी हैं विभिन्न स्थानों पर गीता के उपदेशों पर आधारित नाटक नृत्य और भजन कीर्तन के कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है